डेढ़ लाख से अधिक लोगों को किया गया गिरफ्तार एसबीआई ने एटीएम से निकासी की सीमा घटायी

महात्मा गांधी की एक सौ उनचासवीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र आज भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धासुमन अर्पित किया इस अवसर पर राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में आज से वर्षभर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ भी हो रहा है आज राष्ट्रपति भवन में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश सम्मेलन में भाग लेंगे इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कई देशों के स्वच्छता मंत्री और जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे अन्य नेता भी शामिल होंगे श्री मोदी और ग्रतरश एक लघ् डिजिटल प्रदर्शनी भी देखेंगे महात्मा गांधी पर स्मारक डाक टिकट और उनके प्रिय भजन वैष्णव जन पर सीडी भी जारी की जाएगी इस अवसर पर स्वच्छ भारत पुरस्कार भी दिए जाएंगे संयुक्त राष्ट्र गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है सत्रह जून दो हजार सात को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दो अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित करने का निर्णय लिया था संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने एक संदेश में कहा है कि संघर्ष और जटिल चुनौतियों के इस दौर में अहिंसा का गांधी दर्शन एक प्रेरणा साबित होगा इधर पूरे प्रदेश में राष्ट्रपिता की जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है पटना के गांधी मैदान में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे अब से थोड़ी देर बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे सुबह दस बजे रामधुन बजाया जायेगा इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में पद यात्रा भी करेंगे वहीं कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर श्रद्धासुमन अर्पित किया शास्त्री जी के नेतृत्व में उन्नीस सौ पैंसठ में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था उन्होंने सैनिकों और किसानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया इधर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में भी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे प्रदर्शनों के दौरान गुंडागर्दी और तोड़फोड़ करने वाले लोगों से सख्ती से निपटे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें प्रधान नयायाधीश की अध्यक्षता में न्यायामूर्ति ए एम खानविलकर और डी वाई चन्द्रचूर्ण की खंडपीठ ने कहा कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले इन स्वंयभू गुटों के अपराध करने के कारण कई हो सकते है लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य गैर कानूनी रूप से अपनी धौंस जमाना है खंडपीठ ने कई पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह व्यवस्था दी शीर्ष न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि राज्य की जांच एजेंसियों को भी ऐसे असमाजिक तत्वों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए प्रदेश में शराबबंदी लागू होने के बाद अब तक एक सौ इकतालीस लोगों को सजा मिल चूकी है इनमें बावन लोगों को शराब पीने जबकि नवासी लोगों को शराब बेचने के आरोप में दंडित किया गया है प्राप्त आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी कानून के उल्लंघन के सिलसिले में डेढ़ लाख से अधिक लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है इसके अतिरिक्त शराबबंदी कानून के तहत उत्पाद विभाग ने बावन हजार एक सौ पच्चासी जबकि पुलिस ने इक्यासी हजार एक सौ चौवन प्राथमिकी दर्ज की है स्टेट बौंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से कैश निकासी की सीमा को घटा दिया है इकतीस अक्टूबर से एसबीआई के क्लासिक एटीएम कार्ड से बीस हजार रूपये की निकासी की जा सकती है अभी तक यह सीमा चालीस हजार रूपये प्रतिदिन है बैंक ने धोखधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया है भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण ने दूरसंचार कम्पनियों से ग्राहकों के आधार नम्बर डीलिंक करने को कहा है यूआईडीएआई ने कम्पनियों को निर्देश दिया है कि ग्राहकों के सत्यापन को लेकर बारह अंकों वाली आधार संख्या का उपयोग बंद करने की योजना के बारे में पन्द्रह दिन के भीतर रूपरेखा सौंपे उच्चतम न्यायालय के फैसले में निजी क्षेत्र में आधार कार्ड के उपयोग पर पाबंदी लगाये जाने के बाद यह कदम उठाया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना में कचरा से बिजली पैदा करने के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एक साल में बन कर तैयार हो जायेगा यह प्लांट दो सौ अस्सी मेगावाट का होगा पटना में डोर टू डोर कचरा उठाव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिका की एक कम्पनी का चयन प्लांट बनाने के लिए किया गया है उन्होंने कहा कि खूले में कचरा फैंकने की मानसिकता में बदलाव जरूरी है वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगर निकाय पार्षदों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की उन्होंने नगर विकास और आवास विभाग को इसके लिए पे स्केल निर्धारित करने का निर्देश दिया है राज्य के चार जिलों में सड़क मरम्मत के कार्य पर एक सौ चौंतीस करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि पूर्णियां मुजफ्फरपुर पूर्वी चम्पारण और औरंगाबाद में सड़क उन्नयन और जीर्णोधार का काम शीघ्र ही शुरू होगा प्रदेश के विभिन्न जिलों में नदी और तालाबों में स्थान करने के दौरान ड्बने से आठ बच्चों की मौत हो गयी जबकि एक महिला लापता है जिउतिया पर्व के अवसर पर भागलपुर के गोराडीह की कदवा नदी में स्नान करने गये तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गयी वहीं कटिहार में नदी में स्नान करने गयी एक महिला लापता है उधर सुपौल के वीरपूर में दो लोगों की डूबने से मौत हो गयी मधेपूरा जिले के आलमनगर के बजराहा गांव में एक बच्ची की नदी में डूबने से मौत हो गयी बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के झाझा बांध के पास एक तालाब में ड्रबने से एक बच्चे की मौत हो गयी वहीं फतेहपुर गांव में स्नान के दौरान तालाब में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गयी अवैध बालू खनन के मामले में पुलिस ने पटना के मनेर और बिहटा में पैंतीस नाविकों तथा मजदूरों को गिरफ्तार किया है वहीं बालू लदी बीस नावों को भी जब्त किया गया है बालू के अवैध कारोबारियों के खिलाफ खनन विभाग और पटना पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है गया जिले की पुलिस ने झारखंड के धनबाद से अंतरराज्यीय बैंक लुटेरा गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है नालंदा जिले के राजगीर में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राज्य खेल अकादमी का शिलान्यास बारह अक्टूबर को किया जायेगा राज्य के कला संस्कृति मंत्री कृष्ण क्मार ऋषि ने बताया कि प्रदेश में चौदह विभिन्न जिलों में छह छह करोड़ रूपये से खेल भवन और व्यामशाला का निर्माण होगा उन्होंने कहा कि इन सभी जिलों को राशि उपलब्ध करा दी गयी है बिहार के मुश्ताक अहमद को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है इससे पहले वे हॉकी इंडिया के महासचिव पद पर कार्यरत थे पटना में खेली जा रही ग्यारहवीं बिहार राज्य सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पटना और भागलपुर के बॉक्सरों ने जीत दर्ज कर अगले राउंड में प्रवेश किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है पन्द्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा बिहार के साथ पूरी सहानुभूति रखेंगे बिहार को विकसित राज्य बनाने की कोशिश होगी दैनिक जागरण की सुर्खी है पच्चीस अक्टूबर से शहरों में और नवम्बर से गांवों में पॉलीथिन पर लग जायेगी रोक दैनिक भास्कर ने लिखा है एनआईए ने कहा भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए रची थी साजिश रोहिंग्या मुस्लिमों से एकजुटता दिखाने के लिए किया था बोधगया में विस्फोट पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत की खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है पटना में पेट्रोल हुआ नब्बे रूपये के पार डीजल इक्यासी रूपये के करीब अखबार लिखता है डीजल की बढ़ी कीमत से महंगा हुआ बालू

डेढ़ लाख से अधिक लोगों को किया गया गिरफ्तार एसबीआई ने एटीएम से निकासी की सीमा घटायी